किसी भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया छियासठ उम्मीदवार चुनावी मैदान में

एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने झोंकी ताकत

लोकसभा चूनाव के चौथे चरण के लिए नाम वापस लेने की समय सीमा आज समाप्त हो गयी इस चरण के लिए एक भी नामांकन वापस नहीं लिया गया दरभंगा से आठ उजियारपुर से अठारह समस्तीपुर से ग्यारह बेगूसराय से दस और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से उन्नीस उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं मतदाता छियासठ उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला उनतीस अप्रैल को करेंगे इस चरण में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार की चुनावी प्रतिष्ठा दांव पर है इसके अलावा लोजपा के रामचन्द्र पासवान राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी भाजपा के गोपाल जी ठाकुर राजद के तनवीर हसन और कांग्रेस की नीलम देवी अपना भाग्य आजमा रही हैं लोकसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त होने के बाद बाकी छह चरणों के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने आज पूर्णियां में आयोजित चुनावी रैली में एनडीए उम्मीदवार संतोष कुशवाहा के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की वहीं जदयू अध्यक्ष ने कटिहार में पार्टी उम्मीदवार दुलाल चन्द्र गोस्वामी के पक्ष में चूनावी सभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार के द्वारा किये गये विकास कार्यों का मेहनताना मांगने के लिए वे लोगों के बीच आये हैं श्री कुमार ने कहा कि एनडीए के कार्यकाल में किसानों के लिए कई कल्याणकारी कदम उठाये गये हैं इधर राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने खगड़िया में महागठबंधन प्रत्याशी विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में कहा कि यह चुनाव संविधान देश और आरक्षण बचाने की लड़ाई है श्री यादव ने बांका में महागठबंधन उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण यादव के समर्थन में भी चुनावी सभा को संबोधित किया कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने किशनगंज में पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद जावेद के पक्ष में चुनावी रैली की इधर पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से एनडीए उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद और पाटलिपुत्र से रामकृपाल यादव ने विभिन्न क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से समर्थन की अपील की वहीं बेगूसराय में भाजपा उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने दादपुर पासोपुर तेयाय और भगवानपुर में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया उजियारपुर में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अध्यक्ष और क्षेत्र से प्रत्याशी उपेन्द्र कुशवाहा ने विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क अभियान चलाया वहीं लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान ने समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में पार्टी के प्रत्याशी रामचन्द्र पासवान के पक्ष में रोसड़ा और दूधपुरा सहित कई स्थानों पर रोड शो किया राजद नेता तेज प्रताप यादव ने पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से पार्टी उम्मीदवार मीसा भारती के समर्थन में प्रचार किया उच्चतम न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया है कि वे चुनावी बाँड प्राप्त करने की रसीद और चंदा देने वालों की पहचान के बारे में निर्वाचन आयोग को सीलबंद लिफाफे में जानकारी उपलब्ध कराएं प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायाधीश दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना की पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में सभी राजनीतिक दलों को यह भी निर्देश दिया है कि वे तीस मई तक निर्वाचन आयोग को चंदा देने वालों से प्राप्त रकम और बैंक खातों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराऐं पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश के नक्सल प्रभावित इलाकों में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में लगभग बीस प्रतिशत अधिक वोटिंग हुई है औरंगाबाद नवादा गया और जमुई के नक्सल प्रभावित हिस्सों में मतदान का प्रतिशत लगभग साठ रहा जबकि गैर नक्सली इलाकों में बावन से चौवन प्रतिशत के बीच मतदान हुआ है गया के नक्सल प्रभावित चकरबंदा में पिछले लोकसभा चुनाव में चौंतीस प्रतिशत मतदान हुआ था जो इस बार बढ़कर पचास प्रतिशत हो गया इसी लोकसभा क्षेत्र के बहेरा में मतदान चौंतीस प्रतिशत से बढ़कर पचपन प्रतिशत धनेटा में चालीस से बढ़कर सड़सठ प्रतिशत हुआ जमुई और नवादा लोकसभा क्षेत्रों के नक्सल प्रभावित इलाकों में पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में लगभग साढ़े तीन प्रतिशत अधिक वोटिंग हुई प्रदेश कांग्रेस ने रामनवमी पर आयोजित होने वाली शोभा यात्रा में भाजपा नेताओं को शामिल होने पर रोक लगाने को लेकर निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है पार्टी के प्रवक्ता प्रेमचन्द मिश्र ने बताया कि इस ज्ञापन में शोभा यात्रा में शामिल होने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं के शामिल होने पर प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की गयी है इधर भाजपा विधायक नितिन नवीन ने कांग्रेस की इस मांग पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पार्टी को धर्म के नाम पर राजनीति बंद करनी चाहिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक अजय कपूर को तत्काल प्रभाव से बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति का सचिव नियुक्त किया गया है उनकी नियुक्ति अल्पेश ठाकोर की जगह की गयी है किशनगंज संसदीय क्षेत्र में दूसरे चरण के तहत अठारह अप्रैल को मतदान होना है मुख्य मुकाबला महागठबंधन और एनडीए उम्मीदवार के बीच होने के आसार हैं

इस सीट पर महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के मोहम्मद जावेद और एनडीए की ओर से जदयू के महमूद अशरफ चुनावी मैदान में हैं वहीं असद उद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाले एआईएमआई एम ने पूर्व विधायक अख्तरूल इमान पर दांव लगाकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है इस संसदीय क्षेत्र में चौदह उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं गठन के बाद उन्नीस सौ संतावन से इस सीट पर कांग्रेस ने आठ बार जीत हासिल की है इस सीट पर उन्नीस सौ अंठानवे से दो बार राष्ट्रीय जनता दल और एक बार भाजपा का कब्जा रहा है सीमांचल का यह इलाका आर्थिक पिछड़ेपन और गरीबी के दंश से अभी तक नहीं उबर पाया है रोजगार और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाऐं भी इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे हैं आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं धर्मेन्द्र कुमार राय लोकसभा चूनाव और नक्सली हमले की आशंका को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर रेल मंडल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गयी है मंडल सुरक्षा आयुक्त अंशुमान त्रिपाठी ने समस्तीपुर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि खुफिया एजेंसियों से प्राप्त इनपुट के आधार पर भारत नेपाल सीमा से लगे सभी स्टेशनों पर हाई अलर्ट जारी किया गया है उन्होंने कहा कि संवेदनशील रेलवे स्टेशनों रक्सौल जयनगर सीतामढ़ी दरभंगा सहरसा नरकटियागंज समस्तीपुर और घोड़ासहन में विशेष सतर्कता बरती जा रही है श्री त्रिपाठी ने कहा कि जांच और तलाशी अभियान में खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है ब्रिटिशकाल में पंजाब के अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग नरसंहार के कल सौ वर्ष पूरे हो रहे हैं इस जनसंहार को आधुनिक भारत के इतिहास की सबसे बर्बर घटना मानी जाती है क्योंकि बैसाखी मनाने आए निहत्थे प्रदर्शनकारियों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सैनिकों ने जनरल डायर के आदेश पर बिना कारण गोलियों से भून दिया था इधर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने इस घटना के प्रति खेद प्रकट किया है बक्सर जिले की एक अदालत ने हत्या के चार साल पुराने मामले में नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है वहीं आरोपियों पर नौ लाख रुपये का जुर्माना भी किया गया है उधर भागलपुर जिले के नवगछिया की एक अदालत ने हत्या के लगभग चार साल पुराने मामले में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है

वहीं इसी थाना क्षेत्र के भटोतर गांव के पास एक अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत की खबर है

किसी भी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया छियासठ उम्मीदवार चुनावी मैदान में

एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने झोंकी ताकत